लोकसभा चुनाव के लिये शेष बचे चरणों का प्रचार अभियान अपने चरम पर है विभिन्न राजनैतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों ने आज अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो और जनसभाएं की भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बस्ती में आयोजित चुनावी सभा में सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि ये सभी दल वोट बेचने का काम करते ह जनता गरीब हो सकती है लेकिन बिकाऊ नहीं उन्होंने कहा कि जनता इन महामिलावटी दलों के छलावे में नहीं आने वाली है और देश के लिये विकास करने वालों को अपना वोट देगी बाइट सपा बसपा और कांग्रेस इन तीनों को वोट बैंक के गुणा गणित की ऐसी बुरी लत लगी है कि वह इंसान को भी एकमात्र उस गिनती और वोट का पताका समझते हैं अब जनता ने तय किया है कि नेता अपनी खातिर जो खरीद भेद की बिक्री चला रहे हैं एक दूसरे को तुम मुझे दो मैं तुम्हें दे दूं चलता है

हम जो भी करेंगे देश के लिये करेंगे श्री मोदी ने कहा कि आज सरकार की नीतियों के कारण विदेशों में भारत की साख बढ़ी है

प्रधानमंत्री ने बस्ती से भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल और संतकबीर नगर से प्रवीण निषाद को जिताने की जनता से अपील की वहीं प्रधानमंत्री ने प्रतापगढ़ में भी एक चूनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि विकास तभी संभव है जब देश सुरक्षित हो उन्होंने कहा कि पहले राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बुरी हुआ करती थी मगर आज योगी सरकार ने स्थिति में सुधार के लिये बहुत कुछ किया है श्री मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वोट काटना समाज को तोड़ना देश बांटना और कैबिनेट का अध्यादेश फाड़ना यही कांग्रेस की पहचान बन गया है वहीं सपा बसपा गठबंधन पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि अब यह साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के बहाने मायावती का फायदा उठाया है बाइट गठबंधन के बहाने बहन मायावती का तो फायदा उठा लिया चालाकी की उनको अंधेरे में रखा बड़ी बड़ी मान सम्मान की बातें की आपको प्रधानमंत्री बना देंगे यह भी कह दिया लेकिन पीछे से अब बहन जी को यह समझ आ गया है कि ये सपा ने और कांग्रेस ने मिल कर के बहुत बड़ा खेल खेला है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत जिले के उत्पादों को बढ़ावा दे रही है और औद्योगोकरण का भी प्रोत्साहित कर रही है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बेरोजगारी और कृषि संकट के मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं बाइट देश के सामने बाकी जो समस्याएं हैं और जो सबसे जरूरी रोजगार की समस्या है उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ तो कह दीजिए

प्रधानमंत्री के पास कोई एक्सप्रटीज है ही नहीं और जो उनके एक्सपर्ट है वो उनका प्रयोग ही नहीं करते है

इस बीच भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस और बयानों से कांग्रेस की मानसिक हालत का पता चलता है आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने कहा कि दो हजार सोलह से पहले किसी तरह के सर्जिकल स्ट्राइक का कोई रिकार्ड नहीं है

इस चरण में छह मई को प्रदेश के चौदह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे इनमें धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फ़तेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फ़ैज़ाबाद बहराइच क़ैसरगंज और गोण्डा में मतदान के लिये कुल सोलह हजार एक सौ छब्बीस मतदान केन्द्र और अट्ठाईस हजार बहत्तर मतदेय स्थल बनाये गये हैं पांचवें चरण के अन्तर्गत कुल एक सौ इक्यासी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है जिनमें कुल बाईस महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में कई प्रमुख उम्मीदवार चुनाव मैदान में है

गठबंधन ने अमेठी और रायबरेली सीटों पर प्रत्याशी नहीं खडे किए हैं प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा नेता कोंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ कांग्रेस अध्यंक्ष राहल गांधी और भाजपा नेता स्मृति ईरानी अमेठी में कांग्रेस नेता और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली में कांग्रेस के र्जातन प्रसाद धौरहरा और पार्टी के पूर्व राज्य प्रमुख निर्मल खत्री फैजाबाद सीट से चुनाव में है वहीं समाजवादी पार्टी की नेता शत्रुध्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा लखनऊ सीट से चुनाव लड़ रही है आकाशवाणी समाचार के लिए बस्ती से मैं मुल्तान सिंह यादव इस चरण में दो करोड़ सैंतालीस लाख नौ हज़ार पांच सौ पन्द्रह मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिसमें एक करोड़ चौदह लाख अड़तालीस हजार आठ सौ तिरासी महिला मतदाता भी ह मतदान को लेकर स्रक्षा के कड़े इंतजाम किये जा रहे है केन्द्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज सीतापुर और धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सुल्तानपुर के धमौर बाजार में आयोजित चुनावी जनसभा में न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह योजना न्याय और अन्याय के बीच का चुनाव है राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने पूजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम किया है

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज अमेठी में रोड शो किया इससे पहले उन्होंने नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया बहराइच और गोंडा में सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार पर तीखे प्रहार किये कौशाम्बी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में गूजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला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

भारत आर ऑस्ट्रेलिया आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग और बढ़ाने पर सहमत हो गये हैं कल कैनबरा में आतंकवाद का मुकाबला करने के संयुक्त कार्रवाई दल की ग्यारहवीं बैठक में आतंकवाद से निपटने के लिए सूचनाओं और तरीकों को नियमित रूप से साझा करने पर सहमति बनी

यह बूथ महोबा जिले के पनवाड़ी विकासखंड के नौगांव फदना में आता है

इसके बाद निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी महोबा को पांचवें चरण में छह मई को इस बूथ पर पुनर्मतदान कराने का निर्देश दिया है इसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है दिल्ली की एक अदालत ने आज कालाधन और धनशोधन मामले में अगुस्ता वेस्ट लैंड हेलीकॉप्टर सौदे के अभियुक्त गौतम खेतान की पत्नी रितू खेतान को जमानत दे दी